प्रदेश में दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा

समाजवादी नेता और पूर्व रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडिस का आज नई दिल्ली में एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया वे अठासी वर्ष के थे पूर्व रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडिस का अंतिम संस्कार कल किया जायेगा

नौ बार लोकसभा और एक बार राज्य सभा के सदस्य रहे श्री फर्नान्डीज ने केन्द्र में रक्षा रेल और उद्योग मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जार्ज फर्नांडिस के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है राष्ट्रपति ने एक ट्वीट में कहा कि जार्ज फर्नाडिंस आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के जबरदस्त पक्षधर रहे और राष्ट्र को उनकी कमी हमेशा खलेगी उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि श्री फर्नांडिस मजदूर नेता होने के साथ साथ एक सधे हुए राजनेता प्रशासक सांसद और एक अच्छे इंसान थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समाजवादी नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वह गरीबों और वंचितों के अधिकारों की सर्वाधिक प्रभावी आवाज थे श्री मोदी ने अपने शोक संदेश में कहाजॉर्ज साहब भारत के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक नेताओं में से एक थे राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत अनेक नेताओं ने जार्ज फर्नाडिस के निधन पर अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि जार्ज साहब भारतीय राजनीति में श्रमिक हितों की आबाज बुलंद करने वाले प्रखर क्रांतिकारी और राष्ट्र भक्त नेता थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस ने राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों की बदौलत सार्वजनिक जीवन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने श्री फर्नांडिस के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद् के सभापति हारूण रशीद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अनेक नेताओं ने जार्ज फर्नांडिस के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है राज्य सरकार ने पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज के निधन पर दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है इस वजह से आज और कल सभी सरकारी समारोह तथा कार्यक्रम स्थगित रहेंगे राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी जदयू के राजधानी पटना स्थित मुख्यालय में पार्टी का झंडा आधा झुका रहेगा पार्टी की ओर से आज पटना में एक शोक सभा आयोजित की गई जिसमें पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार तथा अन्य नेताओं ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कल प्रस्तावित राज्य का दौरा रद्द हो गया है श्री गडकरी कल बगहा और रक्सौल में पांच सौ पांच करोड़ रुपये की लागत वाली कई सड़क और नदी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले थे केन्द्र ने आज उच्चतम न्यायालय में अयोध्या में विवादास्पद स्थल के आस पास की अधिग्रहित की गई सड़सठ एकड़ जमीन इसके मूल स्वामी को लौटाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है केन्द्र ने इस नई याचिका में कहा है कि वह दो दशमलव सात सात एकड़ विवादास्पद भूमि के आस पास की सड़सठ एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर चुका है याचिका में यह भी कहा गया है कि उन्नीस सौ इक्यानवें में अधिग्रहित की गई अतिरिक्ति भूमि इसके मूल स्वामियों को वापस करने की मांग राम जन्मभूमि न्यास ने की थी इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि विवादास्पद भूमि के आस पास की अधिग्रहित की गई सड़सठ एकड़ जमीन के बारे में यथास्थिति बनाई रखी जाये केन्द्र सरकार ने उन्नीस सौ इक्यानवें में विवादास्पद जमीन के आस पास की सड़सठ एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी पटना स्थित जैविक उद्यान के पास मृत कौए में बर्ड फ्लू का वायरस मिलने की पुष्टि हुई है भोपाल से आयी जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद एहतियातन जैविक उद्यान को अभी कुछ और दिनों तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है वहीं रोहतास में मृत कौओ की जांच रिपोर्ट में भी बर्ड फ्लू के वायरस पाये गये हैं इधर राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कुछ और सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजा है जिसकी जांच रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विद्यार्थियों से कहा है कि वे अपना ध्यान पढ़ाई पर केन्द्रित रखें समय का अच्छे से प्रबंधन करें और तनाव को न पालें वे आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश विदेश से आये लगभग दो हजार विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों से बात कर रहे थे इस चर्चा का आयोजन परीक्षाओं से पहले किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा के नतीजे की चिंता किये बिना ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए बाईट क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या कि उस क्लास की परीक्षा है अगर एक बार मन में तय करें कि भई ये एग्जाम दसवीं कक्षा की है यह एग्जाम बाहरवीं कक्षा की है ये मेरी जिंदगी की कसौटी नहीं है अगर इतना सा हम सोच लें तो हमारा जो भार है बोझ है वो भी कम हो जाएगा और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को यह भी सलाह दी कि वे माता पिता की बात सुने और उस पर ध्यान दें श्री मोदी ने अभिभावकों से भी कहा कि वे अपनी इच्छाओं को बच्चों पर न थोपें बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहें बाईट मेरा अभिभावकों से भी आग्रह है कि कही ऐसा तो नहीं है कि आपने बचपन में सोचा था डॉक्टर बनना है

वो मां बाप विफल है जो अपने जीवन की अधूरी चीजें अपने बच्चों पर थोप करके उनसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि हर बच्चे की अपनी क्षमताएं और सीमाएं होती हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है उन्होंने कहा कि बच्चों को भी अपने माता पिता को इसके लिए तैयार करना चाहिए कि वे उन्हें उनकी प्रतिभा और रूचि के अनुसार फैसला लेने में मदद करें एक विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे परीक्षा का तनाव न पालें असम से एक विद्यार्थी की मां द्वारा बच्चों में मोबाइल फोन पर लगे रहने की आदत के बारे में पूछे जाने पर श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल क्षमताओं को बढ़ाने और नवाचार के माध्यम के रूप के लिए किया जाना चाहिए बाईट आप उसको धीरे धीरे टेक्नॉलोजी के सही उपयोग की तरफ ले जाइये और उसको लगना चाहिए कि वो बच्चा गलत रास्ते पर जाने की बजाए समय बर्बाद करने के बजाए खुद ही एक खेलकूद के अंदर रहने के बजाए और मैं समझता हूं जो राह प्ले स्टेशन से प्ले फील्ड में चला जाएगा वो तो उस दिशा में हम सब प्रयास करें पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के कारण प्रदेश में ठंड का असर बढ़ गया है तेज पछुआ हवा चलने के कारण कनकनी महसूस की जा रही है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले दो दिनों तक पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण गोपालगंज सिवान और सारण समेत राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अधिकांश जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना है इधर विभाग के अनुसार अगले दो तीन दिनों में पश्चिमी विक्षोभ भी एक बार फिर सक्रिय होगा जिसका प्रभाव अगले एक सप्ताह तक दिखेगा एक और दो फरवरी को कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है

मुजफ्फरपुर में आज सीबीआई की विशेष अदालत में विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार ने बहुचर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के मामले में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत आठ अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है गौरतलब है कि तेरह मई दो हजार सोलह को सीवान जिले के नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड के पास अपराधियों ने पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी थी

मशहूर इस्लामिक विद्वान और मदरसा इस्लामिया शमशुल होदा पटना के पूर्व प्रिंसिपल हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम का आज पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया

उनकी नमाज ए जनाजा आज पटना के गांधी मैदान में अदा की गयी कल उन्हें उनके पैतृक गांव भागलपुर के कोरोडीह में सुपूर्द ए खाक किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की

प्रदेश में दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा